मुख्यमंत्री ने बिजली समस्या को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब किया है उन्होंने बिजली कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि बगैर किसी कारण के बिजली गुल होने पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी को बक्सा नहीं जाएगा उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिजली कर्मचारी असहयोग कर रहे हैं यह कहकर प्रदेश सरकार अपनी अक्षमता नहीं छीपा सकती है दुर्घटना तनाव श्योपुर जिले के आवदा थाना क्षेत्र में एक डम्पर चालक से हुए विवाद पर मोटर साइकल सवार को डंपर से रोंद देने पर ग्रामीणों ने केशर मशीन सहित चार डंपर और पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया ड्रायवर के साथ मारपीट भी की गई पुलिस के अनुसार कल देर शाम ग्राम सलमान्या के उप सरपंच यद्राज सिंह जाट अपने गांव जा रहे थे तमी गिटर्ट से भरे डंपर चालक ने मोटर साइकल को टक्कर मार दी जिससे उप सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद आकोशित ग्रामीणों ने केशर पर पहंचकर डंपर चालक पर हमला बोल दिया और वहां खड़े चार डंपर एक पोकलेन मशीन केशर मशीन को पेट्रोल डाल कर आग लगा दी ग्रामीणों ने घटना स्थल पर पहुंचे दो थानों बड़ोदा और आवदा के पुलिसकर्मियों को भी खदेड़ दिया इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर आवदा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आसपास के सभी केशर बंद करा दिये हैं और गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के डायरेक्टर प्रोफेसर सरमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि एम्स को और बेहतर करने के लिये हर स्तर पर कोशिश की जा रही है डाक्टरों सहित स्टाफ की भर्ती से लेकर हर क्षेत्र को बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं

चिलचिलाती धूप के कारण बाजार बेरौनक हो गये हैं और सडकों पर आवाजाही लगभग ठप पड गई है

कल प्रदेश का नौगांव सबसे अधिक गर्म जिला रहा यहां अधिकतम तापमान अड़तालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

सतना जिले में तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है यहां सुबह से ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश के गुना दतिया छतरपुर सागर दमोह रायसेन राजगढ़ श्योपुरकला भिण्ड और मुरैना जिलों में तीव्र लू चलने की आशंका जाहिर की है